प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के दसर चरण अब गरीब परिवारों को रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे

भारत पेट्रोलियम के नोडल अधिकारी ने यमूनानगर में बताया कि योजना में उसी व्यक्ति को पात्र माना जायेगा जिसके पास दो पहियां तिपहिया या चार पहियों वाला कोई वाहन न हो साथ ही उसक पास कृषि के लिये ट्रैक्टर भी न हो सम्बद्व व्यक्ति सरकारी कर्मचारी न हो और उसकी आय दस हजार अधिक न हो

इसके लिये राशन कार्ड होना अनिवार्य है और सभी सदस्यो का आधार कार्ड भी देना होगा कनैक्शन के लिये सम्बधित परिवार को लोन की सुविधा भी होगी

लोकसभा इसे पहले ही पास कर च्की है इस विधेयक मे केन्द्रीय व राज्यों के संस्थानो दवारा कांउसिल की मंजूरी के बिना करवाये गये अध्यापक शिक्षा कोर्स को मान्यता देने का प्रावधान किया गया है

भविष्य में बी एड जैसे अध्यापन शिक्षा कोर्स करवाने वाले संस्थानों को काउंसिल से मान्यता लेनी होगी

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष में सिर्फ समन्वित बी ऐसे कोर्स ही करवाये जायेंगे ताकि कुशल अध्यापक तैयार किये जा सके केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दो हजार के नोटों की छपाई बंद नहीं की गई है आर्थिक मामलो के सचिव सुभाष चद्र गर्ग ने आज कहा है कि इन नोटों की छपाई आवश्यक्ता के अन्रूप होती रहेगी

यह बयान जारी किया गया है सर्वोचच न्यायालय ने आज केन्द्र को निर्देश दिया कि पिछले वर्ष सितम्बर से लेकर अब तक लोकपाल के लिये खोज समिति कायम करने के लिये उठाये गये कदमों बारे हलफनामा दायर करें

हरियाणा में पश्पालन विभाग द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पश्धन बीमा योजना श्रू की गई है जिसका संचालन केन्द व राज्य सरकार मिलकर करेगी योजना में दो तरह के पश्ओं का चयन किया गया जिसमें बड़े व छोटे पश् शामिल है बड़े पश्ओं में गाय भैंस घोड़ा ऊंट खच्चर बैल शामिल होंगे और छोटू पश्ओं में भेड़ बकरी खरगोश गधा स्आर को चुना गया है

शेष राशि सरकार दवारा वहन की जायेगी

पश्पालन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि बीमा कराने के लिये आवेदक का पश् का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आधार कार्ड की प्रति अन्सूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रीमियम राशि के टैग सहित लाभार्थी के साथ पश् की फोटो देनी होती है बीमित पश् की मृत्यू होने पर पश्पालक को निकटतम पश् चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा और मृत पश् का चौबीस घंटे स्रक्षित रखना होगा विभागीय चिकित्सक द्वारा पोटस्मार्टम करवाना अनिवार्य है पंचक्ला की विशेष सीबीआई अदालत में आज बहचर्चित कंबोप्रा सरपंच ख्दक्शी मामले में स्नवाड्र हई

बयान पढ़ाने की ये प्रक्रिया नौ जनवरी को भी जारी रहेगी स्नवाई के दौरान डेरा प्रम्ख ग्रमीत राम रहीम स्नारिया जेल से ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हये आरोपी डा पकंज गर्ग व डा महेन्द्र को प्रत्यक्ष रूप से अदालत में पेश किया गया मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी

दोनों राज्यों में रात के तापमान में कोई बड़ी तबदीली नहीं आई है

राज्य में कड्र स्थानों पर घनी ध्ंध होने के समाचार मिले है मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में कल कई स्थानों भारी बारिश या गरज के के साथ छींटे पड़ सकते है कल और परसो कई जगह ओले पड़ने की भी संभावना है राज्य में सात और आठ जनवरी को कई जगह गहरी ध्रंध भी पड़ेगी यमुनानगर से हमारे संवादाता ने बताया कि घने काहरे के चलते दोपहर तक सड़कों पर दृश्यता काफी कम रही है वाहन दिन में भी बिना रोशनी की आगे नहीं बढ़ पर रहे थे ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भी परेशानी का सामना कर रहे है ठंड से प्श्ओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है

अमृतसर जाने वाली टाटा नगर एक्सप्रेस सात घंटे ओर अमृतसर से हावड़ा जाने वाली मेल छ घंटे देरी से चल रही है

पलवल में आज सुबह से ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग ने पड़ रही ठंड व कोहरे के कारण प्रदेश के सभी स्कूलों में एक जनवरी से पन्द्रह जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया था पर कुछ निजी स्कुलों ने सात जनवरी तक ही अवकाश रखा है इसके मद्देनज़र अम्बाला प्रशासन ने सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग दवारा घोषित अवकाश आदेशों को सख्ती से अनुपालना कराने को कहा है उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि उनके ध्यान में यदि कोई विद्यालय आदेशें की अवहेलना करता आता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाये इंडियन मीडिया सेंटर दवारा आयोजित समरसता संदेश यात्रा आज यमुना नगर से करनाल के लिये रवाना हो गई

बाद में गुरू नानक गर्ल्स कालेज में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमो से समाज में भाईचारे की भावना पैदा होती है